जम्मू कश्मीर में मतदान की रफ्तार काफी धीमी है यहां अब तक दस फीसदी वोटिंग हुई है इस चरण में तेरह राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों की एक सौ सोलह सीटों के लिये वोट डाले जा रहे है गुजरात की सभी छब्बीस केरल की सभी बीस महाराष्ट्र और कर्नाटक की चौदह चौदह उत्तर प्रदेश की दस छत्तीसगढ़ की सात ओडिशा की छह बिहार और पश्चिम बंगाल की पांच पांच असम की चार गोवा की दो जम्मू कश्मीर दादर नगरहवेली दमण दीव और त्रिपुरा की एक एक सीट पर मतदान होगा इस चरण में गुजरात से भाजपा अध्यक्ष अमित शाह केरल से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी प्रमुख उम्मीदवार हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा लोकसभा क्षेत्र के कोरिया जिले का सेराडांड सबसे छोटा मतदान केन्द्र है यहां तीन पुरूष और एक महिला सहित सिर्फ चार मतदाता है

अब तक भोपाल से भाजपा प्रत्याशी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सागर से राय बहादुर सिंह भिण्ड से संध्या राय विदिशा से रमाकांत भार्गव और गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से केपी यादव कर चुके हैं राजगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी मोना सुस्तानी विदिशा से शैलेन्द्र पटेल सागर से रघ्रसिंह ठाक्र ने नामांकन पत्र दाखिल किये हैं मुरैना संसदीय क्षेत्र से कल भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर सहित सात उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र जमा किये राहल नोटिस उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को रफाल मामले में उनकी टिप्पणी पर अवमानना का नोटिस जारी किया है इससे पहले न्यायालय ने कहा था कि उसकी बात को गलत ढंग से पेश किया गया

न्यायालय ने कांग्रेस अध्यक्ष की उस अपील को नामंजूर कर दिया जिसमें उन्होंने मीनाक्षी लेखी की याचिका को खारिज करने की अपील की थी चुनाव प्रचार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में प्रचार अभियान तेज हो गया है भाजपा अध्यक्ष अमित शाह आज छतरपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे केन्द्रीय मंत्री सुषमा स्वराज आज रायसेन में चुनावी प्रचार करेंगी शहडोल और जबलपुर के सिहोरा विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विवेक तन्खा के प्रचार के लिए आज राहुल गांधी सभा को संबोधित करेंगे